केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार नयी शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ ही नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आज बात करेगें कर्नाटक के एक ऐसे सरकारी विद्यालय की जो वास्तव में किसी निजी स्कूल से कम नहीं एशियन सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अल्मोड़ा के युवा शटलर लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन

वाराणसी दौरा मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि देश केवल सरकार से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संस्कारों और मूल्यों से मिलकर बनता है वे आज वाराणसी में जंगम बाड़ी मठ में श्री जगदग्रू विश्वाराध्य ग्रूकुल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण एक नए भारत के भविष्य और दिशा को तय करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश शक्ति से नहीं बल्कि लोगों के संस्कारों और सामर्थ्य से मिलकर बना है

प्रधानमंत्री ने एक दिन के दौरे पर आज सवेरे अपने संसदीय क्षेत्र पहंचने पर सबसे पहले जंगम बाडी मठ में पूजा अर्चना की

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री चंदौली जिले के पड़ाव गये जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया

देश में पंडित दीनदयाल की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है

उन्होंने वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को इांडी दिखाकर रवाना किया संवाद कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार नयी शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार समी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा में समानता लाने का प्रयास कर रही है

जो गौरव का विशय है इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूद्रपुर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के द्वितीय चरण में प्रतिभाग किया

जिससे भविश्य में तकरीबन दो हजार दो सौ तिरानवे लोगो को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार प्राप्त होगें इस दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रकृति ने उत्तराखण्ड को भरपूर नैसर्गिक सौन्दर्य से नवाजा हैं राज्य में निवेश की अपार संभावनायें है राज्य में निवेशकों को अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा रहा है

निवेशको को प्रोत्साहन देकर निवेश को बढ़ावा देना हमारा मकसद है देवमूमि की परम्परा अतिथि देवो भवः के ध्येय को लेकर हम राज्य में निवेशको का स्वागत कर रहे है उद्यमियों के हित में सिंगल विन्डो सिस्टम भी बनाया गया है इस दौरान उन्होंने विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं उद्योगपतियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में आज हम कर्नाटक के ऐसे सरकारी स्कूल के बारे में चर्चा कर रहें है जो किसी निजी स्कूल से कम नहीं यह है कर्नाटक के विजयपूर जिले में बासावनाबागेवडी तालुक में स्थित सरकारी आदर्श विद्यालय पीबी हनाशयाना गांव का यह स्कूल कई मायनों में खास है इस स्कूल में ऐसी सुविधाए हैं जो कई प्राइवेट स्कूलों के पास भी नहीं स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गेई है जिसमें विज्ञान और तकनीक से जुंड़े कई संसाधन हैं इससे बच्चों को विज्ञान की बारीकियां समझने और नये नये प्रयोग करने का पूरा अवसर मिल रहा है अटल टिंकरिंग लैब में रोबॉटिक्स ड्रोन पानी की गुणवत्ता जांचने खून की जांच करने जैसे कई उपकरण हैं

लैब बनने से बच्चों को सीखने में आसानी हो रही है बासावनाबागेवडी तालक में अपनी तरह का यह पहला स्कूल है शिक्षकों का कहना है कि इस स्कूल में मिल रही सुविधाओं से बच्चों ने नये प्रयोग किये हैं वहीं बच्चों को भी अपने आदर्श स्कूल पर गर्व है आरोग्य मेला देहरादून के परेड मैदान में चल रहा आरोग्य मेला आज सम्पन्न हो रहा है आरोग्य मेले का लोगों ने भरपूर फायदा उठाया मेले में बडी संख्या में पहंचे लोगों ने आयर्वेद होम्योपैथी नाडी परीक्षण आयर्वेदिक न्यूरो थेरेपी और पंचकर्म विशेषज्ञों से परामर्श के बाद दवाइयां लीं मेले में विभिन्न सेमिनारों का भी ऑयोजन किंया गया जिसमें आयुर्वेद की वि ीशताओं के बारे में जानकारी दी गई मेले में आयुष आयुर्वेद होम्योपैथी और विभिन्न जड़ीबूटियों से बनी दवाईयों के कई स्टॉल लगाए गए थे आरोग्य मेले में उत्तराखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से भी चिंकित्सक विशेषज्ञ और व्यवसायी पहंचे जिनका कहना है कि आयर्वेद के जरिए जटिल से जटिल रोगों को भी दूर किया जा सकता है ने ानल इंस्टीटयूट ऑफ आर्यूवेदा जयपुर के प्रोफेसर डॉ सुरेन्द्र कमार भार्मा का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम भी आयुर्वेद के जरिए संभव है बस जरूरत है तो लाइफस्टाइल बदलने की

सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा लक्ष्य और भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है

आज देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के तीन साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया उन्होंने बताया कि पार्टी महंगाई अर्थव्यवस्था बेरोजगारी भू अध्यादेश देवस्थानम् श्राइन बोर्ड और महिला सुरक्षा जैसे मृद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बताया कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की जाएगी

इसके चलते इस मार्ग पर समी वाहनों और पैदल आवाजाही को बन्द कर दिया गया है इस मोटर पुल के बन्द हो जाने से जोशियाड़ा लदाड़ी कंसेण कोटी सहित विकास भवन और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आने जाने के लिए लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी इस मोटर मार्ग की मरम्त का कार्य देख रहे विभागीय अधिकारियों का मानना है कि भाुरू हो चुके इस कार्य को चार से पांच माह के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा